प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन को केवल गंगा को निर्मल बनाने तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसे देश में सबसे बड़ा व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम बना दिया

उन्होंने कहा कि नमामि गंगे एक नई सोच और नये द्रष्टिकोण के साथ व्यापक नदी संरक्षण कार्यक्रम है बाइट हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया है आज इस चौतरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत तीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है श्री मोदी ने कहा कि गंदे पानी को गंगा नदी में गिरने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में ऐसे मल जल उपचार संयंत्र बनाए गए हैं जो अगले दस से पन्द्रह वर्ष की जरूरतें पूरी कर सकते है प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार गंगा नदी के तट पर जैविक खेती गलियारा विकसित कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय देश में प्रत्येक घर तक जल पहुंचाने के मिशन में लगा है जल जीवन मिशन के तहत रोजाना करीब एक लाख परिवारों को पेयजल सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है केवल पिछले एक वर्ष में ही दो करोड़ परिवारों को पेयजल उपलब्धओ कराया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की कडो आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी दलों की राजनीति कवल विरोध पर आधारित है उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत परियोजनाओं का शुभारभ करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष नहीं चाहता कि किसान इस देश म आजाद हों किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और कृषि उपज की सरकारी खरीद जारी रखने का भरोसा दिलाते हुए श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष को लोगों के बीच झूठ फैलाने की आदत छोड़ देनी चाहिए बाइट एम एस पी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमिशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी लेकिन यह आजादी कुछ लोग बर्दाश्ती नहीं कर पा रहे हैं इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया इसलिए इन्हें परेशानी है प्रधानमंत्री ने दोहराया कि बिचौलियों के खत्म होने के कारण कालेधन की कमाई बंद होने की आशंका विपक्षी दलों को परेशान कर रही है उन्होंने कहा कि तीन नये कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपनी उपज बेचने की आजादी देना है भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में विधानसभा की सात सीटों पर होने वाले उप निर्वाचन की घोषणा कर दी है तीन नवम्बर को मतदान कराया जायेगा जिन सीटों पर चुनाव होना है वे है अमरोहा जनपद की नौगांवा सादात बुलन्दशहर जनपद की बुलन्दशहर फिरोजाबाद की टूंडला उन्नाव की बांगरमऊ कानपुर नगर की घाटमपुर देवरिया की देवरिया सीट और जौनपुर की मलहन सीट इनमें से टूंडला और घाटमपुर विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित है आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना नौ अक्टूबर को जारी की जायेगी और सोलह अक्टूबर को नाम निर्देशन की आखिरी तारीख होगी

कार्यक्रम के अनुसार तीन नवम्बर को सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव कराया जायेगा और दस नवम्बर को मतगणना होगी आयोग के अनुसार बारह नवम्बर से पहले निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है निर्वाचन की घोषणा होते ही संबंधित जनपदों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता म कल परिषद की बैठक में यह स्वीकृति दी गई भारतीय कम्पनियों से खरीद की श्रणी के तहत रिसीवर सेट और स्मार्ट एंटी एयर फील्ड वैपन खरीदने की स्वीकृति दी गई

सेना की अग्रिम इकाई को मजबूत बनाने के लिए असॉल्ट राइफलें खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने हाईरिस्क ग्रुप के ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने के आदेश दिये

लखनऊ और कानपुर जनपदों में विशेष ध्यान देते हुए रिकवरी दर को और बेहतर बनाया जाये मुख्यमंत्री ने ई संजीवनी ऐप का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने के लिये कहा उन्होंने कहा कि जब तक कारोना की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती तब तक सावधानी ही बचाव एकमात्र उपाय है उन्होंने कहा कि ई संजीवनी ऐप के माध्यम से लोग घर पर रह कर चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में प्रदषण पर नियंत्रण के लिए विभिन्न एजेंसियों के कामकाज की समीक्षा पहली अक्तूबर को की जाएगी नई दिल्ली में एक समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोगों को पराली जलाने के कारण गम्भीर प्रदूषण का सामना करना पड़ता है

उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्री और अन्य अधिकारी पहली अक्तूबर की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल होंगे इस बैठक में प्रदूषण रोकथाम की दिशा में किए गए कार्यकलापों की समीक्षा की जाएगी श्री जावड़ेकर ने बताया कि प्रद्षण के स्तर में कमी लाने के लिए बीएस छह कंप्लायंट वाहनों की व्यवस्था और कचरा प्रबंधन के विभिन्न नियमों के क्रियान्वयन से प्रद्रषण को नियंत्रित किया जा सका है

अपर मूख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज लखनऊ में बताया कि नये मरीजों की संख्या में कमी आने और ज्यादा लोगों के स्वस्थ होने के चलते सक्रिय रोगियों की संख्या लगातार गिर रही है

राज्य में मृत्युदर में भी कमी आई है और अब तक पांच हजार सात सौ पन्द्रह रोगियों की कोरोना से मौत हुई है

उन्होंने आज लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि धारा एक सौ अटठासी के अन्तर्गत दो लाख इकतीस हजार निंयानवे एफआईआर दर्ज करते हुए चार लाख छत्तीस हजार से अधिक लोगों को नामजद किया गया है

उन्होंने बताया कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वाले एक हजार दो सौ साठ लोगों के खिलाफ नौ सौ बत्तीस एफआईआर दर्ज करते हुए चार सौ बावन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्होंने बताया कि प्रदेश के अट्ठारह हजार एक सौ नौ कंटेनमेंट जोन में बहत्तर लाख छब्बीस हजार दो सौ पिच्चासी लोगों को चिन्हित किया गया है और इन कंटेनमेंट जोन में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या सैंतालीस हजार नौ सौ छप्पन है उन्होंन बताया कि प्रदेश में कंटेनमेंट जोन की संख्या में कमी आई है आज विश्व हृदय दिवस है इसके आयोजन का उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है